प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को किया सम्बोधित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्वाओं की प्रशंसा की

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौ सौ छब्बीस पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की की गयी है घोषणा राष्ट्र आज चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को सम्बोधित किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की आगवानी की और प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया गार्ड ऑफ आनर के ट्कड़े में सेना नौसेना वायु सेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और चौबीस चौबीस जवान शामिल थे स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई और श्भकामनाओं से अपने सम्बोधन का आरम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने अमर शहीदों और वीरो के बलिदान को सर्वप्रथम नमन किया

परम्परा से हट कर इस बार स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सेवा परमो धर्मः के मंत्र को पूर्ण समर्पण भाव से देश के चिकित्साकर्मियों स्वच्छता कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों तथा पुलिस के प्रशंसनीय कार्य के लिए भी उनका अभिनन्दन करते हैं

कौशल विकास की ओर आगे बढ़ने से हमारे आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को बल मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान देने वाले करोड़ो लोगों की शक्ति भी है उन्होंने कहा कि जिस देश में एन नाइन्टी फाइव मास्क पी पी ई किट वेंटीलेटर नहीं बनते थे अब बनने लगे हैं

उन्होंने कहा कि भारत के हेत्थ सेक्टर में इससे नई क्रांति आयेगी इलाज में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जायेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड नाइन्टीन से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का कारगर प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे श्री कोविंद कल चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी और आने वाले वर्षों में विश्व का मार्गदर्शन करेंगी हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे एक संघ और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संगव था सामाजिक संघर्ष आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्वता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है श्री कोविंद ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह वैश्विक महामारी के कारण सीमित रहेंगे श्री कोविंद ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोरोना योद्वाओं की सराहना की श्री कोविंद ने जोर देकर कहा कि महामारी के खिलाफ लडाई में सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन और आजीविका सुनिश्चित करना उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ सरकार ने उचित समय पर कल्याण उपाय भी शुरू किये जिनकी बदौलत करोडों लोग जीविका अर्जित करने में सफल रहे और उनके कष्ट कम करने में मदद मिली राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के इन कार्यक्रमों से एक कठिन दौर में लोगों का जीवन आसान बनाने में मदद मिली वसुधैव कुट्म्बकम की संस्कृति में भारत के विश्वास की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने न केवल अपने नागरिकों की देखभाल की बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी मदद का हाथ बढाया उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए चुनाव में भारत को मिला व्यापक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति सदभाव का प्रमाण है सीमा पर हाल की झडपों की चर्चा करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने विस्तारवादियों के सभी द्ष्प्रयासों से देश की सीमाओं की बहादुरी से रक्षा की है प्रदेश में चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधानभवन के सामने आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना नाइन्टीन से संघर्ष कर रहे स्वास्थकर्मियों की प्रशंसा करते हैं जिनके साहसिक योगदान से हम इस जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख कोरोना टेस्ट किया जायेगा और कोरोना अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है

लगभग छत्तीस लाख टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश में कोविड नाइन्टीन की सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य बन गया है मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष व्यक्त करते हए टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने को कहा है कल अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने इन्टीप्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित करने के लिए कहा मेडिकल उपकरणों और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एल ट् व एल थ्री कोविड अस्पतालों के बेड बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया श्री योगी ने लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर और बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया सरकारी स्कूलों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं के केन्द्र बनाने का निर्देश देने के साथ उन्होने इन परीक्षाओं के संचालन में शारीरिक दूरी का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा भारत ने कल एक ही दिन में करीब आठ लाख पचास हजार कोविड परीक्षण करने का नया रिकार्ड बनाया इन्हें मिला कर अभी तक कल दो करोड़ छिहत्तर लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी भी देश के लिए प्रति दस लाख आबादी पर एक सौ चालीस परीक्षण प्रतिदिन करने की सलाह दी है भारत की राष्ट्रीय औसत प्रति दस लाख आबादी पर प्रतिदिन छः सौ तीन परीक्षणों की है केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हो पाई है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौ सौ छब्बीस पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है दो सौ पन्द्रह पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक तथा अस्सी पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा प्रशंसनीय सेवा के लिए छः सौ इकत्तीस पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है दो सौ पन्द्रह वीरता पुरस्कारों में से एक सौ तेईस पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में उन्तीस कर्मियों को वामपथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में और आठ को पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे